अब समाचार विस्तार से केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक पैकेज पर आज शाम दूसरी बार प्रेस वार्ता करेंगी इससे पहले कल नई दिल्ली में श्रीमती सीतारमण ने आत्मनिर्मर भारत योजना के अंतर्गत पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के वित्तीय पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी उन्होंने बताया कि बीस लाख करोड़ रुपए यानी देश के सकल घरेल उत्पाद के दस प्रतिशत के बराबर के इस पैकेज से सुक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों श्रमिकों मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा

इस फैसले से आम लोगों को पचास हजार करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध होगी

श्रीमती सीतारमण ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों आवास वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को विशेष योजना के अंतर्गत तीस हजार करोड़ रुपये की सहायता की घोषणा की

इस धनराशि में से करीब दो हजार करोड़ रुपये वेंटिलेटरों की खरीद के लिए निर्घारित किए जाएंगे एक हजार करोड़ रुपये का उपयोग प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए किया जाएगा इसके अलावा सौ करोड़ रुपये वैक्सीन विकसित करने में सहयोग के लिए दिए जाएंगे

रक्षामंत्री गृहमंत्री और वित्तमंत्री इस ट्रस्ट के पदेन सचिव हैं देश के विभिन्न हिस्सों से प्रवासी मजदूरों के झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है तेलंगाना से एक हजार पांच सौ पचास मजदूरो लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह कोडरमा पहुंची वहीं दूसरी ओर बेंगलुरू से लगभग बारह सौ मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हटिया स्टेशन पहुंची रेलवे स्टेशन पर ही जिला प्रशासन की ओर से वापस आ रहे प्रत्येक मजदूरों की स्वास्थ्य जांच की गई और भोजन तथा पेयजल की व्यवस्था की गई थी स्वास्थ्य जांच के बाद सभी मजदूरों को बस से उनके गृह जिलों के लिए रवाना किया गया

कोडरमा के एसडीओ विजय वर्मा ने बताया कि सम्मान के साथ मजदूरों को उनके घर के लिए विदा किया जा रहा है उन्होंने बताया कि मजदूरों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है नई दिल्ली से चली राजधानी स्पेशल ट्रेन आज सुबह दस बजे रांची पहुंची यही ट्रेन आज शाम पांच बजकर चालीस मिनट पर रांची स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी यात्रियों के आवागमन को लेकर रांची स्टेशन पर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गयी है रेलवे की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यात्रियों को तीन घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा ट्रेन खुलने के डेढ़ घंटे पहले प्रवेश द्वार को बंद कर दिया जायेगा स्टेशन तक पहुंचने के लिए यात्रियों की टिकट ही उनका पास मानी जायेगी सभी यात्रियों को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी का अनुपालन करना होगा ट्रेन में बैठने से पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जायेगी वहीं हटिया स्टेशन से आज शाम चार बजे कोटा के लिए ट्रेन रवाना होगी झारखंड में पिछले चौबीस घंटे के अंदर आठ नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं इनमें से चार गिरिडीह दो रांची और दो कोडरमा के संक्रमित शामिल हैं इसके साथ ही राज्य में कुल कोरोना संकमितों की संख्या एक सौ इक्यासी हो गयी है गिरिडीह में चार नए कोरोना मरीज मिलने के बाद जिले में कुल संकमितों की संख्या दस हो गयी है गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि तीन मरीज डुमरी प्रखंड और एक महिला मरीज जमुआ प्रखंड की है सभी संक्रमितों को रात में ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इधर रांची में मिले दो कोरोना पॉजिटिव में से एक हिंदपीढ़ी और एक मांडर से है वहीं कोडरमा से मिले दोनों संकमित सूरत से लौटे थे दूसरी ओर झारखंड में स्वस्थ हुये लोगों की संख्या अच्छी खासी है

इसके बाद में आईजी ने हेलिकॉप्टर से नक्सल प्रभावित झुमरा तलहटी स्थित रहावन पहुंचे और बेस कैंप का भी निरीक्षण किया पत्रकारों से बात करते हुए सीआरपीएफ के आईजी ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठक की गई उन्होंने कहा कि रांची के हॉटस्पॉट इलाके हिंदपीढ़ी में सीआरपीएफ की दो कंपनियां तैनात हैं और महामारी की चुनौती से अपने को बचाते हुए काम कर रही हैं आईजी ने बताया कि दूसरी बटालियन को भी रोटेशन पॉलिसी के तहत लगाया जाएगा

देश में मृतकों की संख्या दो हजार पांच सौ उनचास हो गई है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक हजार आठ सौ उनचास लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि अब तक छब्बीस हजार दो सौ पैंतीस मरीज ठीक हो चुके हैं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 कांग्रेस नेता तथा राज्यसभा के सांसद धीरज प्रसाद साहू कल शाम चतरा पहुंचे

पूर्वी सिंहभूम जिले में निश्चय संस्था द्वारा लॉकडाउन के दौरान महिलाओं और किशोरिओं को सेनेंटरी नैपकिन उपलब्ध कराया जा रहा है

केन्द्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाईक ने कहा है कि उनका मंत्रालय और भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद मिलकर कोविड से संबंधित चार दवाईयों पर काम कर रहे हैं और इनका परीक्षण एक सप्ताह के अंदर शुरू हो जायेगा

संक्षिप्त खबर झारखंड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति से निपटने में सहयोग के लिए राउंड टेबल ऑफ इंडिया द्वारा संचालित मुख्यमंत्री दीदी किचन को एक हजार किलोग्राम चावल दो सौ दस किलोग्राम दाल और पाँच सौ किलोग्राम आलू उपलब्ध कराया है